इन केंद्रों पर लोकसभा और विधानसभा दोनों क्षेत्रों के लिए वोट डाले जायेंगे राज्य में ग्यारह अप्रैल को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी मतदान हुआ था इन मतदान केंद्रो पर सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक वोट डाले जायेंगे

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये जा रहे हैं गौरतलब है कि गत पंद्रह मई को निर्वाचन आयोग के एक दल ने प्रनर्मतदान की मांग कर रहे पालिन ताली और कोलोरियांग विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलकर बातचीत की थी

इस चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्यप्रदेश में आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखंड में तीन और केंद्र शासित चंडीगढ़ में एकमात्र संसदीय सीट के लिए मतदान होगा अंतिम चरण के मतदान में देशभर की निगाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगी सभी चरणों के चुनाव की मतगणना तेईस मई को होगी

कम उम्र में ही वैज्ञानिक गतिविधियों में रुचि लेने वाले स्कूली छात्रों की पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार आयोजित यूविका संवाद दो हजार उन्नीस कार्यक्रम में उन्होंने देशभर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि अहिंसा शांति प्रेम करुणा और मानवता की सेवा के भगवान बुद्ध के संदेश ने इतिहास और मानव सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया है और वर्तमान में ये संदेश और भी प्रासंगिक हो गए हैं राष्ट्रपति कोविंद ने आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध के संदेश लोगों के विचार कथन और कर्म में समाहित होंगे और उन्हें प्रेम करुणा और भाईचारे की दिशा में प्रेरित करेंगे उपराष्ट्रपति एम वैंकेया ने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध का अहिंसा और करुणा का शाश्वत संदेश पूरे विश्व को एक ऐसे जगत के सूजन के लिए प्रेरित करेगा जहां सब मिलजुल कर शांति से रह सके उन्होंने भगवान बुद्ध के दिखाए न्याय करुणा और भाईचारे के मार्ग पर चलने का आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध प्रर्णिमा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि सत्य शांति और प्रेम के लिए जाने जाने वाले भगवान बुद्ध लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे

इस अवसर पर ईटानगर के सिद्धार्थ बिहार गोंपा और थेरावेदा बौद्ध मंदिर के बीच एक शौभायात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने भाग लिया

देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी पहली बार लगातार चालीस घंटे विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा आकाशवाणी समाचार तेईस मई सुबह सात बजे से चौबीस मई रात ग्यारह बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषीय कार्यक्रम विशेष जनादेश दो हजार उन्नीस प्रस्तुत करेगा स्टूडियों में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे आकाशवाणी की सभी छियालीस क्षेत्रीय समाचार इकाईयां अपने अपने राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में विशेष कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करेगी

ईटानगर केंद्र से नियमित समाचार बुलेटिन के अलावा तीन विशेष समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किए जायेंगे चुनाव परिणामों पर केंद्रित यह बुलेटिन दिन में ग्यारह बजे एक बजे और दोपहर बाद चार बजे प्रसारित किए जायेंगे इसके अलावा शाम पांच बजे से छह बजे तक चुनाव परिणामों पर एक परिचर्चा का सीधा प्रसारण होगा